प्रधानमंत्री रोज़गार सूजन कार्यक्रम हथकरघा बुनकरों के लिए बना वरदान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी की पहली मासिक पुण्यतिथि पर काव्यांजलि कार्यक्रम आयोजित प्रदेश के अधिकतर भागों में धूप खिलने से मौसम हुआ सुहावना मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने को लिए राज्य में अटल आदर्श विद्या केन्द्र खोले जाएंगे इन संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों के लिए एक अलग हस्तांतरण नीति तैयार की जाएगी शिमला में आज ग्रामीण विद्या उपासक शिक्षक संघ के राज्यस्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हिमाचल को देश का शिक्षा केन्द्र बनाने में शिक्षकों की अहम भूमिका है

उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षकों की अनेक श्रेणियां हैं जिन्हें तर्कसंगत बनाने की ज़रूरत है सम्मेलन में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दूरदराज इलाकों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण विद्या उपासकों की सराहना की

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में योजना के तहत इस वर्ष एक लाख मुफ्त गैस कनैक्शन देने का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि विकास की कोई सीमा नहीं है और केन्द्र व राज्य सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं जो अमुतपूर्व हैं बिंदल ने कहा कि सरकार की नीतियां अब धरातल पर असर दिखा रही हैं जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अध्यापकों से छात्रों को संस्कारयुक्त शिक्षा देने का आहवान किया है शिमला में आज एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि अध्यापकों और अभिभावकों का दायित्व है कि छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे राष्ट्र निर्माण में अपना दायित्व पूरा कर सकें भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिनके माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन आने से पठन पाठन प्रक्रिया में सुधार आएगा

कुल्लू ज़िला के युवाओं ने योजना के तहत ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल कर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट में हिमाचल के कुल्लू जिला के डोभी गांव के बलविंदर पॉल ने प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के तहत ऋण लेकर अपने प्रश्तैनी व्यवसाय ब्रनकर के क्षेत्र को जीवंत रखा है बलविंदर ने हौजरी की द्रकान के लिए ऋण लिया और बाद में काम अच्छा चलने पर धर्मशाला के नड्डी स्थित शॉल बनााने की खड्डी लगाकर मन पसंद व्यसाय को चला रहे हैं वस्त्र मंत्रालय द्वारा हथकरघा के क्षेत्र में इन्हें राष्ट्रीय प्रस्कार से नवाजा गया है निश्चित तौर से पैसे के अभाव में जो बेरोजगार यूवा अपना स्वरोजगार या कोई लघू उद्यम इकाई स्थापित करने में असमर्थ थे उनके लिए प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम मददगार बना है कुल्लू से आशीष शर्मा के साथ मैं राजकुमारी चंदेल आकाशवाणी समाचार शिमला

उन्होंने कहा कि इस केन्द्र के लिए जगह का चयन कर लिया गया है और इसका शिलान्यास जल्द किया जाएगा अनुराग ठाकुर ने बताया कि गगरेट में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना भी जल्द की जाएगी एनजीटी कुल्लू ज़िला मुख्यालय से सटे पिरडी कूड़ा संयंत्र में लोगों ने आज दूसरे दिन भी नगर परिषद को कूड़ा फैंकने नहीं दिया स्थानीय लोग कूड़ा डम्प करने के मामले में प्रशासन से एनजीटी के आदेशों का पालन करने की मांग कर रहे हैं कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार एनजीटी ने पिछले वर्ष पिरडी कूड़ा संयंत्र को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं लेकिन प्रशासन ने अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए हैं इस मामले में स्थानीय लोगों ने उच्च न्यायालय और एनजीटी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप का आग्रह किया है काव्यां जलि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मासिक पुण्यतिथि पर शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय में आज काव्यांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया इसमें अनेक कवियों ने श्री वाजपेयी के जीवन और व्यक्तित्व पर अनेक कविताए पेश कीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि श्री वाजपेयी सबके लिए एक प्रेरणास्रोत थे और सबको साथ लेकर चलना उनकी बड़ी विशेषता रही उन्होंने कहा कि उनकी याद में बढ़चढ़ कर लेख लिखने के अलावा विशेष कार्य करने चाहिए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी कार्यक्रम में मौजूद रहे श्रद्वांजलि इस बीच श्री वाजपेयी की पहली मासिक पुण्यतिथि पर प्रदेश के अन्य भागों में भी काव्यांजलि समारोह आयोजित किए गए नाहन में हुए कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिरकत की खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कहा कि श्री वाजपेयी का व्यक्तित्व विराट था और उनकी लोकप्रियता किसी दायरे में नहीं बांधी जा सकती हमीरपुर के टौणी देवी में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लोगों से श्री वाजपेयी के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने प्रदेश के विकास में अभियंताओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताया है सोलन में एक कार्यक्रम में उन्होंने अभियंताओं से प्रदेश में उपलब्ध जल विद्युत के पूर्ण वैज्ञानिक दोहन के लिए योजनाबद्व कार्य करने का आग्रह किया सैजल ने कहा कि देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और भारत में शिक्षित अभियंता दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं इस बीच राजीव सैजल ने आज सोलन अतीत के आईने में पुस्तक का सोलन में विमोचन किया उन्होंने कहा कि जागरूक और संवेदनशील समाज के लिए सशक्त साहित्य ज़रूरी है

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने शिमला में बताया कि ये निर्णय ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर लिया गया है

बीके अग्रवाल ने कहा कि आदेशों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी वीरेन्द्र कंवर ऊना ज़िले में कुटलैहड़ क्षेत्र के मंदली में छात्राओं की ज़िलास्तरीय खेलें आज शुरू हुई ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने प्रतियोगिता का शुभारम्म किया उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों का महत्व भी बढ़ा है और इसके माध्यम से बच्चे अपना बेहतरीन भविष्य बना रहे हैं वीरेन्द्र कवर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिले में बेटियों को प्रोत्साहित करने के प्रशासन के प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक तौर पर मदद करने का फैसला भी सराहनीय है खेल इधर राजधानी शिमला के विकासनगर में सरस्वती विद्या मंदिरों की खेल प्रतियोगिता शुरू हुई

प्रतियोगिता के शुभारम्म पर विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री हेमचंद्र ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलकृद और शारीरिक श्रम को ज़रूरी बताया उन्होंने कहा कि विद्या भारती विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल दे रही है इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम मी पेश किए गए मौसम प्रदेश के अधिकतर भागों में पिछले दो दिनों से लगातार खिल रही धूप से मौसम सुहावना बना हुआ है धूप खिलने से दिन के तापमान में वृद्धि हुई है और मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है हालांकि मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर सुबह शाम के तापमान में हल्की कमी आई है राजधानी शिमला व इसके साथ लगते क्षेत्रों में भी आज दिनभर मौसम खुशगवार बना रहा

इस दौरान कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को शून्य लागत जैविक खेती और वर्टिकल फार्मिंग सहित विभिन्न विषयों की जानकारी दी अनुसंघान संस्थान सबुज के निदेशक अरिंदम बंदोपाध्याय ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को जैविक खेती अपनाने की तरफ आकर्षित करना और उनकी आय दोगुना करना है